उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वे नोवल कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा करेंगे कोरोना वायरस का संकट उत्पन्न होने के दौरान छह दिन में प्रधानमंत्री का यह दूसरा संबोधन होगा प्रधानमंत्री ने पिछले वृहस्पतिवार को राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से नोवेल कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने की अपील की थी प्रधानमंत्री ने सभी को सतर्क और सजग रहने और एकजुट होकर इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने को कहा था श्री मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिये लोगों से स्वस्थ रहने और अपने परिवार की सेहत की देखभाल करने का आग्रह किया था प्रधानमंत्री ने पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों से घर से बाहर न निकलने की अपील की थी प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुत से लोग अब भी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उन्होंने लोगों से निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और स्वयं को तथा अपने परिवार को बचाने की अपील की है कोविड नाइन्टीन महामारी के फैलाव की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में कल से सत्ताईस मार्च तक लॉकडाउन यानी तालाबंदी रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर बाद इस फैसले की घोषणा की इससे पहले राज्य के सिर्फ सत्रह जिलों में लॉकडाउन रखा जा रहा था अपनी घोषणा में मुख्यमंत्री ने लोगों से कम से कम आवाजाही करने को कहा है उन्होंने यह भी कहा है कि चाहे वह किराए के मकान में रहते हों हॉस्टल में या किसी अन्य स्थान पर उन्हें अपना समय अपने घर में ही बिताना चाहिए श्री योगी ने प्रवासियों से भी कहा कि वे इन दिनों अपने मूल निवास स्थानों को जाने की योजना न बनाएं उन्होंने लोगों से यात्रा से यथासंभव बचने की भी अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हरसंभव उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य की तमाम सीमाएं सील कर दी गई हैं और राज्य में बाहर से बसों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है देश में चार सौ बानबे लोगों में कोविड नाइन्दीन की पुष्टि हुई है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अब तक सैंतीस लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश में अब तक उन्नीस हजार आठ सौ सत्रह लोगों के बीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है इस बीच आईसीएमआर के अध्ययन से पता चला है कि सामाजिक रूप से अलग थलग रहने और संदिग्ध लोगों के घर पर ही क्वारँटीन जैसे निवारक उपायों को लागू करने से कुल मिलाकर संक्रमण के संदिग्ध मामलों को बासठ से नवासी प्रतिशत कम किया जा सकेगा अध्ययन से यह भी संकेत मिला है कि कोविड नाइन्टीन के लक्षणों वाले यात्रियों की देश में प्रवेश पर जांच से नोवेल कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को तीन दिन से तीन सप्ताह तक टाला जा सकता है

मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोरोना को देखते हुए मीडिया गतिविधियों से जुड़ी सभी संस्थाओं को सुचारू रूप से काम करने की सुविघा मिले इनमें केवल ऑपरेटर डीटीएच सेवाए और सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी शामिल हैं पत्र में कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों पर भी किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाये केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने तथा खांसते छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है इसका नम्बर है एक शून्य सात पांच प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच

जिलाधिकारी ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि आवश्यक सामग्री के ट्रकों को मंडी तक आने के दौरान रोका नहीं जाएगा श्री पांडियन ने कहा कि प्रशासन ने सुबह साढ़े पांच बजे से सुबह साढ़े नौ बजे तक जिले के विभिन्न स्थानों पर सब्जी आदि की बिक्री की व्यवस्था की है जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे जहा हैं वहीं रहें और अनावश्यक यात्रा न करें